इस परिसर के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग पहल को भी शामिल किया गया है इसमें फ्लाई ऐश और निर्माण की पुरानी सामग्री थर्मल इन्सुलेशन और ऊर्जा दक्षता का प्रयोग किया गया है ये पलैट ऊर्जा कुशलता वाले एलईडी प्रकाश की फिटिंग कम बिजली की खपत वर्षा जल संचयन प्रणाली और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वीआरवी प्रणाली तथा अन्य सामग्री से निर्मित किए गए हैं उद्घाटन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी उपस्थित रहेंगे गौ कैबिनेट प्रदेश की पहली गौ कैबिनेट की बैठक ऑनलाइन होगी

बैठक में शामिल सभी विभागों के मंत्री अपनी अपनी जगह से इस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री बाद में आगरमालवा जिले के सलारिया में स्थित प्रदेश के पहले गौ अम्यारण्य में एक सभा को संबोधित करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने गौ धन के संरक्षण और संवर्धन के लिये गौ कैबिनेट का गठन किया है आत्मनिर्भर गौशाला रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में स्थापित बसामन मामा गौवंश वन्य विहार आत्मनिर्भर हो रहा है

स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी की ओर से माल्यार्पण किया

एनसीसी कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मानिर्भर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया खादय प्रयोगषाला इंदौर संभाग के सभी आठ जिलों में खाद्य पदार्थो में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जांच और जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है संभाग आयुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि आज दिनभर इस प्रयोगशाला ने इंदौर जिले में जांच अभियान चलाया है इसके बाद यह प्रयोगषाला धार झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खरगोन खण्डवा और बुरहानपुर में दो दो दिन भ्रमण करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच कर तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण बढने के चलते प्रदेश सरकार ने भोपाल सहित पांच जिलों इंदौर ग्वालियर विदिशा और रतलाम में रात का कर्फ्यू लगा दिया है भोपाल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन की बैठक सम्पन्न हुई

वहीं एक समय में प्रदेश के कोरोना हॉट स्पॉट रहे मालवा क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की दर फिर तेज हो गई है

यह संख्या एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी है

शिवपुरी में आज माधव चौक चौराहे पर भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ द्वारा निःशुल्क मास्क का वितरण किया छतरपुर जिले में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई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

मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है आसमान पूरी तरह साफ होने के बाद सर्दी एक बार फिर जोर पकडने लगी है उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण आज सुबह प्रदेश के अधिकांश शहरों में कोहरा रहा दिन चढ़ने पर तेज ध्रप निकली लेकिन सूरज की तपिश नरम रही और लोग ठंड से बचने के लिए धूप सेंकते नजर आए

कारों की बिक्री के मामले में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है

सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है